चौदह हजार आठ सौ से अधिक भारतीयों को लाया जायेगा स्वदेश आज ब्रद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समारोह में लेंगे हिस्सा

श्री कुलकर्णी कल रांची में पत्रकारेां से बातचीत कर रहे थे स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि सरकार कोरोना संकमण के चेन को तोड़ने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है स्वास्थ्य जांच को लेकर किसी प्रकार की कमी या लापरवाही नहीं बरती जा रही है श्री कुलकर्णी ने कहा कि राज्य में कोरोना के फैलाव की स्थिति पर अंकुश लगा है लेकिन कई राज्यों के रेड जोन से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी रहने से स्वास्थ्य विभाग की चुनाती बढ़ गयी है वापस आने वाले छात्र एवं प्रवासी मजदूरों के राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य अनुश्रवण कर रही है श्री कुलकर्णी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पचास हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार की है प्रोटोकॉल के तहत इन सभी गर्भवती महिलाओं को ससमय प्रसव से संबंधित सभी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्राथमिकता से काम कर रहा है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्रोथ रेट दो दशमलव पांच दो प्रतिशत है अब तक राज्यभर में पंद्रह हजार एक सौ तीस टेस्ट किए गए हैं

खूंटी जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर उपायुक्त ने जिला और प्रखंड स्तर पर पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है

चौपारण प्रखंड में आपदा मित्र बिना सरकारी सहायता के चालीस दिनों से राहत कार्य चला रहा है

राज्य में प्रवासी मजदूरों एवं छात्र छात्राओं को लाने का कार्य जारी है आज तेलंगाना से नौ सौ पांच प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन टाटानगर आ रही है जमशेदपुर में पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तत्पर है

इस विकट स्थिति में केंद्रीय सहायता मिलने से लाभुक महिलाएं खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट कर रही हैं केंद्र सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वन्दे भारत मिशन आज से शुरू करेगी इसके तहत बारह देशों से चौदह हजार आठ सौ से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा इस दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चौंसठ उडानों का संचालन किया जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन उड़ानों का संचालन सात मई से तेरह मई तक किया जायेगा उन्होंने कहा कि इनमें संयुक्त अरब अमारात से दस कतर से दो सउदी अरब से पांच ब्रिटेन से सात सिंगापुर से पांच अमरीका से सात और ओमान से दो उड़ान शामिल हैं इघर विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए नौसेना ने भी समुद्र सेत् अभियान शुरू किया है इसके लिए नौसेना के दो जहाज माले भेजे गये हैं ताकि शुक्रवार से मॉलदीव से लोगों को निकालने का काम शुरू हो सके मॉलदीव में भारतीय दूतावास ऐसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें जांच के बाद जहाज से लौटने की अनुमति दी जायेगी पहले जत्थे में एक हजार लोगों को मालदीव से वापस लाने की योजना है

चतरा जिले में कई लोग इस एप्प को डाउनलोड कर संकमण से बचाव के लिए सतर्कता बरत रहे हैं वहीं साहिबगंज जिले में किसानों को आरोग्य सेतू एप डाउन लोड करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है

बुधवार को पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोयला लदे वाहनों के कागजातों की जांच की जिम्मेवारी जिला खनन पदाधिकारी को दी गयी थी जुर्माना वसूल करने के बाद वाहनों को छोड़ दिया गया आज बुद्ध पूर्णिमा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा समारोहों में हिस्सा लेंगे इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से वर्चअल प्रार्थना आयोजित कर रहा है जिसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च गुरु हिस्सा लेंगे

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रार्थना समारोह का सीधा प्रसारण होगा ये समारोह भारत में गया के महाबोधि मंदिर मूलगंध कुटी विहार सारनाथ परिनिर्वाण स्तूप कुशीनगर नेपाल में पवित्र उद्यान लुम्बिनी बौधनाथ स्वयंभू नमो स्तूप और श्रीलंका के अनुराधापुरा स्तूप परिसर सहित अन्य लोकप्रिय बौद्ध स्थलों पर आयोजित होगा संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे बैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका महा परिनिर्वाण हुआ था